प्रदेश भाजपा ने कार्यकर्ताओं से हर पोलिंग बूथ में जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का किया आह्वान

लाहौल घाटी में बर्फबारी से अवरूद्व मार्गों को मई के पहले सप्ताह तक खोलने का लक्ष्य कार्य युद्धस्तर पर जारी प्रधानमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार से देश के धन की रक्षा करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए हैं वे आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत देशभर के लोगों से संवाद कर रहे थे

उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान लोगों के समर्थन से जन आंदोलन का रूप ले चुका है देश के वीर जवानों को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बालाकोट में हवाई हमले को सैनिकों ने अंजाम दिया और इसके लिए वे सशस्त्र सेनाओं को पूरा श्रेय देते हैं इधर मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत मण्डी जिले के भांवला में भाजपा नेता महेन्द्र सिंह ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की उभरती हुई सशक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बना है

सिरमौर जिले में आज शिलाई भाजपा युवा मोर्चा के कफोटा में हुए सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित किया है और इस गौरवमयी विकास को जारी रखने की ज़रूरत है जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत को मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है और ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भी हिमाचल को विकास की राह पर शिखर तक पहुंचाने को प्रयासरत है बाद में पांवटा साहिब में हए युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए युवा मोर्चा अहम भूमिका निभा रहा है उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर पोलिंग बूथ में जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आहवान किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है और कांगड़ा व हमीरपुर सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा जल्द की जाएगी

राठौर ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार बनने पर सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय दर्जा दिलाया जाएगा इस मौके पर शिमला संसदीय सीट के उम्मीदवार धनीराम शांडिल ने भाजपा पर असल मुद्दों से भागने का आरोप लगाया

नियुक्ति इस बीच कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर मण्डी और शिमला लोकसभा क्षेत्र के लिए सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किए हैं इनका मुख्य कार्य ब्लॉक और ब्रथ स्तर पर सोशल मीडिया की गतिविधियों और प्रचार को प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच पहुंचाना है विज्ञापन लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण चुनाव आयोग ने अनिवार्य बनाया है सोलन ज़िला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले ऐसे सभी तरह के विज्ञापनों का प्रमाणीकरण जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व निगरानी समिति करेगी उन्होंने कहा कि सभी तरह के विज्ञापनों और पेड न्यूज़ की श्रेणी में आने वाले समाचारों के खर्च को प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा उन्होंने मीडिया से भी तथ्यों पर आधारित समाचारों को ही प्रकाशित या प्रसारित करने का आग्रह किया कार्यक्रम भाजपा के चारों संसदीय सीटों के उम्मीदवार कल पहली अप्रैल को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे हमीरपुर से अनुराग ठाक्र बिलासपुर के बरठी और डंगार में युवा मोर्चा सम्मेलन में मौजूद रहेंगे शिमला से उम्मीदवार सुरेश कश्यप रेणुका विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे इसी तरह मण्डी से प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे वहीं कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर भी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार पर रहेंगे पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर ने ये जानकारी दी है

कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा चार मतगणना स्थल चिन्हित किए गए हैं

इसी तरह शेष जिलों में एक एक स्थान पर ही वोटों की गिनती की जायेगी

आयोग ने मतगणना स्थलों पर तैयारियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश को केन्द्रीय सहायता न मिलने संबंधी कांग्रेस नेताओं के बयानों को हास्यास्पद बताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की बहाली राष्ट्रीय उच्च मार्गो में वृद्धि रेल विस्तार और एम्स सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारम्भ किया है

युवा मोर्चा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर ने आज चम्बा के भटियात क्षेत्र के गरनोटा में युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत के साथ कार्य करने का आह्वान किया इधर सोलन जिले के धुंदन में हुए सम्मेलन में भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर बेरोज़गारी भत्ते के नाम पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाया धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र के पक्ष में आज हमीरपुर जिले में चुनाव प्रचार किया जिले की कोट पंचायत में जनसभा के दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इससे हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं इससे पहले धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार किया शिमला कांग्रेस शिमला ज़िला शहरी कांग्रेस कमेटी ने चुनाव को देखते हुए राजधानी में वार्ड स्तर पर बैठकों का दौर शुरू किया है जिला अध्यक्ष अरूण शर्मा पार्टी की मजबूती के लिए विभिन्न वार्डो में लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं इसी कड़ी में शहर के कनलोग में आज हुई कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने सभी से मतभेद भुलाकर काम करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पार्टी में निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी मार्ग मौसम खुलते ही लाहौल स्पीति ज़िले में लोक निर्माण विभाग ने बर्फबारी से अवरूद्व हुई संपर्क सड़कों को खोलने का कार्य शुरू कर दिया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार हालांकि कई स्थानों पर बार बार हिमखण्ड गिरने से इस कार्य में बाधा भी आ रही है

विभाग के अधिशाषी अभियंता बीसी नेगी ने बताया कि मई माह के पहले सप्ताह तक सभी मार्ग बहाल कर दिए जाएंगे

इस दौरान एथलैटिक्स यॉलीबॉल बास्किट बॉल कबड़डी और खो खो सहित अनेक स्पर्धाएं करवाई गईं इसके अलावा समृहगान लोक नृत्य और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया समापन अवसर पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया

पहली उड़ान भुंतर किलाड़ चम्बा दूसरी चम्बा अजोग चम्बा और तीसरी उड़ान चम्बा किलाड़ भुंतर के बीच भरी जाएगी

विधिक साक्षरता सोलन जिले में धर्मपुर क्षेत्र की बुघार कनेता पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पंकज ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया उन्होंने कहा कि सालाना एक लाख रूपए से कम आय वाले लोगों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है शपथ समारोह बिलासपुर ज़िला अस्पताल के नर्सिंग स्कूल में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दरोच ने प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु नर्सों को शपथ दिलाई